सहारनपुर तथा कुशीनगर जिलों में जहरीली शराब पीने से सत्ताईस से अधिक लोगों की मौत का समाचार चौदह पुलिसकर्मी निलम्बित पांच आबकारी कर्मियों पर भी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में देश कृषि दुग्ध उत्पादन इस्पात और विमानन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवहन होटल अधोसंरचना समेत औपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई हैं

ये बिना रोजगार होता है क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के लोगों के प्रति जवाबदेह है और वह भ्रष्टाचार से निपटने पर लगातार जोर बनाए हुए है श्री मोदी ने राफेल सौदे पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि वह नहीं चाहती कि भारतीय वायु सेना सशक्त बने मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो आज राफेल का सौदा रद्द हो इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो आप किस कपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो आप इस प्रकार से देश की सेवा के साथ ये व्यवहार करते हो

बाद में सदन ने विपक्ष के संशोधनों को नामंजूर करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित कर दिया केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कल अयोध्या में सात हजार एक सौ पनचानवें करोड़ रूपये लागत की पांच राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब सरयू नदी शुद्व होगी और सड़के इतनी अच्छी ग्णवत्ता की तैयार की जायेंगी कि उनमें वर्षो तक कोई खराबी नहीं आयेगी इससे पहले प्रयागराज में श्री गडकरी ने कहा कि गंगा और सहायक नदियों की सफाई का काम सरकार तेजी से कर रही है और अगले साल मार्च तक गंगा का पानी पीने योग्य हो जायेगा इसके पहले श्री गडकरी ने रिवर इंफार्मेशन सिस्टम का लोकार्पण किया और जल परिवहन की परियोजनाओं का उद्घाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया केन्द्रीय मंत्री ने कुंग मेले के सेक्टर दो में नमामि गंगे पर लगी हुई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएनसीजी पर एक विशाल प्रदर्शनी का भी भ्रमण किया

कार्यकारी संस्थाओं में से एक गंगा विचार मंच लोगों को स्वच्छता मिशन से जोड़कर गंगा की सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है श्री गड़करी ने प्रयागराज कुंम पहुंचने के बाद अरैल के संगम क्षेत्र में गंगा में पवित्र डुबकी लगायी और गंगा प्रजन किया कुंम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी गंगा में डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट के दर्शन किये एम एस यादव आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला प्रयागराज उच्चतम न्यायालय ने नौकरियों और दाखिलों में सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को दस प्रतिशत कोटा देने के फैंसले को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है लेकिन प्रधान न्यायाधीश रंजन गगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कोटा तय किए जाने के केन्द्र के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने में उनका सहयोग मांगा है इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाएगी ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन बराबर बराबर किश्तों में जमा किया जाएगा इससे बारह करोड़ किसानों को लाभ होगा ये योजना दिसम्बर दो हजार अट्ठारह से प्रभावी होगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी की जीत का आधार नेता नहीं दूथ कार्यकर्ता तैयार करता है कल महराजगंज और जौनपुर में क्षेत्रीय दृथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित करते हए श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने अपने दृथ को मजबूत करने का काम पूरी लगन से करना होगा श्री शाह ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यो की सराहना की और उपलबियों को गिनाया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के बजट में इस बार कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के कल्याण और उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है

महराजगंज जिले में क्षेत्रीय द्थ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने महराजगंज के अट्ठारह वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव बनाने का कार्य किया है और चौकीदारों पीआरडी जवानों तथा मिड डे मील के रसोईयों का मानदेय बढ़ाया है इस अवसर पर सांसद पंकज चौधरी राजेश पाण्डेय और विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी उपस्थित थे कुशीनगर और सहारनपुर जिले में जहरीली शराब पीने से सत्ताईस से अधिक लोगों की मौत होने का समाचार है कल कुशीनगर में दस और सहारनपुर में सत्रह लोगों की मौत हो गई थी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब भी कई लोग अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है इस मामले में दोनों जिलों में कूल मिलाकर चौदह पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है जिसमें एक थानाध्यक्ष एक इंस्पेक्टर और चार सब इंस्पेक्टर शामिल है इसके अलावा कुशीनगर में एक आबकारी निरीक्षक और चार सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया गया है कुशीनगर और सहारनपुर में अवैध शराब से हुई मौतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रभावित लोगों को समुचित चिकित्सा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से दोनों जनपदों के पुलिस अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित करने को कहा है सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाअधिकारी को पीड़ितों की उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये तथा पीड़ितों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री योगी ने जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ पंद्रह दिन तक आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया है

कल महराजगंज जिले में मूसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े अयोध्या में ओलावृष्टि और बरसात का क्रम बना रहा कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली गांव में कच्ची दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यू हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया बागपत में आंधी और बारिश के कारण एक महिला सहित दो लोगों की मैत हो गई क्षेत्र में तेज आंधी के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गये और दो दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गये कानपुर देहात में कोहरे और शीतलहर ने जन जीवन को प्रमावित किया है गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल रात तेज बारिश हुई और कहीं कहीं ओले भी पड़े

मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी